चन्द्रयान टू ने विक्रम लैंडर से पहली बार चन्द्रमा की सतह की तस्वीरें भेजी

इस अधिनियम में किसी स्टार्ट अप के शुरू होने से सात वर्ष की अवधि तक पहले तीन साल के लिए आयकर में शत प्रतिशत छुट का प्रावधान है

योजना का मकसद छोटे करदाताओं को कर विभाग में लम्बित विवादों से राहत दिलाना है सरकार ने करदाताओं और अन्य सम्बद्ध पक्षों से इस योजना का लाभ उठाकर एक नयी शुरूआत करने की अपील की है इस योजना के दो मुख्य भाग विवाद निपटारा और करों के बकाया में राहत तथा जुर्माने से माफी है इस संबंध में छोटे करदाताओं को मुकदमो से भी राहत मिलेगी

सीबीआई ने चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी देने में अनियमितता के आरोपों की पूछताछ को लिए पांच दिन की हिरासत की मांग की थी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पूर्व मंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जवाब देने से बच रहे हैं चिदम्बरम के वकीलों ने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके पूत्र कार्ति सहित अन्य आरोपियों को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है इधर भाजपा ने पी चिदंबरम का बचाव करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यूपीए शासन भ्रष्टाचार का पर्याय था और कानून अब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है उन्होंने इस कार्रवाई के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले को जांच एजेंसियों और अदालतों पर छोड़ देना चाहिए

यह चंद्रयान और इसरो केंद्र के बीच संचार की विश्वसनीयता का भी प्रमाण है

यह गड्ढा चंद्रमा के सबसे अधिक दूरी पर है जो पृथ्वी पर लगी दूरबीनों से दिखाई नहीं देता

राज्य सरकार ने इनके लिए नोडल अधिकारी बनाकर अस्थायी भवनों को चिन्हित किया है महाविद्यालयों में प्रवेश की तारीख भी घोषित कर दी गई है इनमें विषय और पदों के बारे में जल्द ही निर्णय कर व्याख्याताओं के पदस्थापन के साथ ही प्रवेश कार्य श्रू किया जायेगा उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है

कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने इससे संबंधित ं प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हैदराबाद में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया

पुलिस ने मौके से हथकढ शराब की भट्टियां जमीन में गडी हुई टंकियां दस हजार लीटर वॉश और अन्य सामग्री बरामद कर उन्हें नष्ट किया

ऐसे में जब तोक्यो ओलम्पिक में एक साल से भी कम समय बचा है तब वाडा का यह कदम देश में डोपिंग विरोधी अभियान के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है

विभाग के अनुसार पिछले पांच दिनों से निष्किय मानसून प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है